अब समाचार विस्तार से केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज पार्टी के विधायक दल का नेता चुना है केजरीवाल ने आज नई दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर विधायकों के साथ बैठक की जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया इससे पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल सें मुलाकात की

उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में दिल्ली आदर्श होगा

भोपाल में विभागीय बैठक के दौरान श्री नाथ ने पर्यटन से जुडी विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियो से प्रदेश कीं पर्यटन संपदा और वन नेशनल पार्क के बेहतर प्रचार प्रसार पर जोर दिया साथ ही पर्यटनस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई जिसमें करीब पचास हजार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है बैठक में पचमढ़ी में एयर स्ट्रीप का विकास करने नेशनल पार्क के बफर एरिया में कैम्प साइट स्थापित करने के भी निर्देश दिये

मनीष सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष सिंह को राज्य सरकार ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के प्रबंध संचालक पद पर पदस्थ किया है श्री सिंह अमी तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में उपसचिव का दायित्व निभा रहे थे वहीं कंपनी के प्रबंध संचालक पद की जिम्मेदारी निभा रहे विशेष गणपाले को राज्य मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है इसके अलावा पंचायतराज आयुक्त संदीप यादव को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक सह आयुक्त नियुक्त किया गया है वरिष्ठ अधिकारी उमाकांत उमराव को पंचायतराज आयुक्त पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

प्राधिकरण के किसी भी अधिकृत केन्द्र से वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने पर फास्टैग निशुल्क लिया जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी शल्क प्लाजा सडक परिवहन कार्यालय और जनसुविधा केन्द्र तथा परिवहन केन्द्रों और पेट्रोल पम्पों पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध रहेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला लोकनत्य रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है सत्र में वित्तमंत्री तरूण भनोत अगले वित्तवर्ष का बजट पेश करेंगे सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जाने की आशा है

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये

श्री सिंह ने कहा कि किसानो की आर्थिक स्थित और बेहतर करने के लिये राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही हैं दूसरी ओर इंदौर जिले की देपालपुर तहसील में भी आज जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन में किसान सम्मान पत्र और फसल ऋण माफी पत्र वितरित किये गये सिलावट कैंसर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि कैंसर के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रदेश भर में शिविर और जागरूकता सभाए आयोजित की जाएंगी एक हजार शिविर और सभाएँ आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है

समारोह में गोंड कला प्रदर्शनी गायन वादन लोक संगीत नृत्य कहानी पाठ फिल्म और नाटक पर केंद्रित प्रस्त्रतियां होंगी

वहीं बल्लेबाजों की सूची में कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं